इसी कड़ी में आज दूसरे दिन राज्य स्तरीय समारोह शिमला के रिज मैदान पर हुआ जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने समारोह की अध्यक्षता की इस अवसर पर शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना के अदम्य साहस की सराहना की समारोह में राज्य सरकार द्वारा सैन्य बलों के सहयोग से मल्टी मीडिया प्रदर्शनी लगाई गयी इस मौके पर सूचना व प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आऊटरीच ब्यूरो शिमला ने एक चित्र प्रदर्शन लगाई ब्यूरो के शिमला प्रभारी रितेश कपूर ने बताया कि इसमें चित्रों के माध्यम से देश की आजादी के लिए भारतीय सेना द्वारा किए गए संघर्ष और पराकम के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया इस दौरान सेना के समर्थन में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया जिसमें लोगों ने उत्साहपूर्वक हस्ताक्षण किए रितेश कपूर ने बताया कि सांस्कृतिक दल द्वारा देशभक्ति पर आधारित समूहगान भी प्रस्तुत किया गया उन्होंने बताया कि इसके अलावा एक बड़ी एलईडी वॉल के माध्यम से सूचना व प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त भारतीय सेना के पराकम और सर्जिकल स्ट्राईक पर आधारित चलचित्र एक बड़ी एलईडी वॉल के माध्यम से लोगों को दिखाए गए पराक्रम पर्व पर प्रदेश के विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों में देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न स्थानों से पांच हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है केलंग से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि लाहौल घाटी में फंसे अप्रवासी मजदूरों व अन्य लोगों को रोहतांग सुरंग से निकालने का क्रम जारी और राज्य परिवहन निगम की पांच बसों के माध्यम से लगभग साढे तीन सौ लोग निकाले गए जबकि छोटे वाहनों से भी सैंकड़ों लोगों को कुल्लू पहुंचाया गया उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी ने बताया कि जिले के कई स्थानों पर सैंकड़ों वाहनों में फंसे लोगों के लिए प्रशासन द्वारा खाने की व्यवस्था कर दी गई है और रोहतांग दर्रा बहाल होते ही सभी बड़े वाहनों को घाटी से बाहर निकाला जाएगा

राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि पारम्परिक खेल कबड्डी को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए हरियाणा के दिकाडला में आयोजित राज्य सर्किल कबड़डी प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि खेलों से अनुशासन भाईचारा व राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा मिलता है राज्यपाल ने शिक्षक समुदाय व अभिमावकों से देश का गौरव बढ़ाने के लिए अपने बच्चों में नैतिक मूल्य और भारतीय संस्कृति का संचार करने का आग्रह किया इस मौके पर उन्होंने विजेता टीमों को पुरस्कार मी वितरित किए रणघीर शर्मा भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने श्री नैना देवी और आनंदपुर साहिब को जोड़ने वाले रोपवे को लेकर प्रदेश व पंजाब की सरकार के बीच हुए समझौते को ऐतिहासिक करार दिया है नैना देवी में आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि दो अलग अलग समुदायों के तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाले इस रोपवे से आपसी भाईचारा बढ़ेगा रणघीर शर्मा ने कहा कि इससे श्री नैना देवी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के साधन मी उपलब्ध होंगे